दसवीं में लगभग अड़सठ प्रतिशत और बारहवीं में अटहत्तर प्रतिशत से अधिक बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं रायपुर स्थित मंडल कार्यालय में शिक्षा विभाग के प्र मुख सचिव गौरव द्विवेदी ने परीक्षा परिणाम जारी किए आज जारी प्रावीण्य सूची के अनुसार बारहवीं की परीक्षा में मुंगेली जिले के योगें द्र वर्मा पहले स्थान पर रहे योगें द्व ने लगभग संतावने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं बारहवीं में मुंगेली के ही देवेन्द्र साहू दूसरे महासमुंद के आदित्य सिंह तीसरे और बिलासपुर की विनीता पटेल ने चौथा स्थान प्राप्त किया है वहीं दसवीं की परीक्षा में रायगढ़ जिले की निशा पटेल ने प्रथम स्थान हासिल किया है निशा को निन्यानवे प्रतिशत से अधिक अंक मिले हैं बलौदाबाजार के योगेश साहू दूसरे महासमुंद के तिलक झा तीसरे और कोरबा की हेमा साहू चौथे स्थान पर रहीं दसवीं और बारहवीं के परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है मंडल की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू सीजीबीएसई डॉट एनआईसी डॉट इन या डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू रिजल्ट्स डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन पर विद्यार्थी अपने परिणाम देख सकते हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दसवीं और बारहवीं बोर्ड के नतीजों में सफलता हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने कहा है कि विद्यार्थियों ने जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया है जो उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है उन्होंने परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को निराश नहीं होने की सलाह दी और कहा कि इसे ही चुनौती मानकर आगे बढ़ें सफलता निश्चित ही आपके कदम चुमेगी वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इन परीक्षाओं में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने परीक्षा में सफल नहीं हो सकने वाले परीक्षार्थियों को भी बिना निराश हुए पूरे धैर्य हिम्मत और मेहनत के साथ निरन्तर अध्ययन करने की समझाईश दी और कहा कि उन्हें भी परीक्षा सहित जीवन में सफलता निश्चय मिलेगी पुनर्मतदान लोकसभा निर्वाचन के तहत राज्य में किसी भी मतदान केन्द्र में पुनर्मतदान नहीं होगा राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि राज्य की ग्यारह संसदीय सीटों पर तीन चरणों में निष्पक्ष स्वतंत्र पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ उन्होंने बताया कि मतदान प्रश्क्रिया को लेकर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होना राज्य के लिए सम्मान की बात है उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में पूनर्मतदान नहीं करने पर अपनी सहमति दे दी है श्री साह ने सुचारू रूप से मतदान प्रशिक्र या संपन्न होने के लिए सभी मतदाताओं राजनीतिक दलों निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सुरक्षा जवानों तथा अर्द्व सैनिक बलों के जवानों को धन्यवाद दिया है उन्होंने बताया कि इससे पहले राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भी राज्य के किसी भी मतदान कोन्द्र में पुनर्मतदान की स्थिति नहीं बनी थी इस तरह छत्तीसगढ़ ने विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन में पुनर्मतदान नहीं होने का कीर्तिमान रचा है सुप्रीम कोर्ट याचिका राजधानी रायपुर स्थित डीकेएस अस्पताल में अनियमितता के मामले में आरोपी बनाए गए डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ दायर याचिका पर सु प्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई आज सुनवाई के दौरान न्यायाधीश आनंद भूषण और न्यायाधीश थॉमस की डबल बेंच में शासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की एक समाचार एजेंसी ने राज्य शासन के अतिरिक्त महाधिवक्ता सतीश चं द्र वर्मा के हवाले से बताया है कि सु प्रीम कोर्ट ने पुनीत गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है सु प्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई महीने में होगी गौरतलब है कि डीकेएस हॉस्पिटल में चौंसठ करोड़ रुपये की अनियमितता के मामले में तात्कालीन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर प्नीत ग्रप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है मामला दर्ज होने के बाद से ही पुनीत गुप्ता फरार थे और उन्होंने बिलासपुर उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी हाईकोर्ट ने इस याचिका पर पुनीत गुप्ता को राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी थी जिसके खिलाफ राज्य शासन ने सु प्रीम कोर्ट में अपील की है

इनमें एक लाख रूपये की इनामी महिला माओवादी भी शामिल है जिले की दंतेश्वरी लड़ाकू महिला फाइटर्स की टीम ने कुआंकोंडा पुलिस और एसटीएफ के जवानों के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन माओवादियों को गिर प तार किया गौरतलब है कि दंतेवाड़ा में स्थानीय पुलिस की महिलाओं का विशेष दस्ता दंतेश्वरी फाइटर्स बनाए गए हैं बस्तरिया बटालियन की महिला कमांडो ने इन महिला पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया है रायगढ़ अस्पताल नोटिस राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पर पर्यावरण विभाग ने रायगढ़ और जशपुर जिले के दो सौ सैंतीस अस्पतालों को नोटिस जारी किया है नोटिस में इन अस्पतालों को बायो मेडिकल वेस्ट का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए इस साल के अंत तक सीवरेज द्रीटमेंट प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं बताया जाता है कि इन संस्थानों का मेडिकल कचरा नदियों में छोड़े जाने से पानी प्रदूषित हो रहा है जिससे कई तरह की गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया है चिन्हित अपराध योजना राज्य में महिलाओं बच्चों और कमजोर वर्गों पर हुए आपराधिक मामलों में जल्द न्याय दिलाने के लिए राज्य में पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों की लगातार समीक्षा कर रही है गौरतलब है कि राज्य में बीते जनवरी महीने से चिन्हित अपराध योजना संचालित है यह योजना अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लेकर चलाई जा रही है इस योजना के तहत थाना जिला रेंज और पुलिस मुख्यालय स्तर पर गंभीर मामलों की निगरानी की जा रही है पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने इस योजना के सफल िक्र यान्वयन के लिए सभी पुलिस अधीक्षको को सख्त निर्देश दिए हैं इसके तहत हर महीने योजना के िक्र यान्वयन की जिला स्तरीय समीक्षा की जा रही है साथ ही चिन्हित गंभीर अपराधों में से महिलाओं के विरूद्व घटित मामलों की मॉनिटरिंग प्रतिदिन पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी की जा रही है दुर्घटना बलरामपुर जिले के डूमरखी नाला के पास बारातियों से भरा एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया

यह हादसा जिला मुख्यालय से केवल पांच किलोमीटर की दूरी पर हआ सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है हाथी उत्पात धमतरी जिले के हसदा ग्राम पंचायत में दो जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और कई एकड़ में लगी धान की फसल को बर्बाद कर दिया इलाके में वन अमला और पुलिसकर्मी इन दोनों हाथियों की गतिविधियों पर निगरानी रख रहे हैं हाथियों को खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है मिली जानकारी के अनुसार एक किसान खेत में दवाई का छिड़काव कर रहा था तभी ये हाथी खेत में घुस आए ग्रामीण किसान किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला समोदा दंडाधिकारी जांच दुर्ग के समोदा स्थित एक निजी राईस मिल का स्ट्र क्चर ढह जाने के मामले की दंडाधिकारी जांच कराई जाएगी इस घटना में मिल संचालक के बेटे और दो अन्य मजदूरों की मौत हो गई थी जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं घटना की जांच के लिए दुर्ग शहर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हेमलाल वर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है पदम पुरस्कार प्रस्ताव भारत सरकार की ओर से पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं इसके तहत पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्म पुरस्कारों के लिए आगामी पंद्रह सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं पुरस्कारों के लिए निर्धारित पात्रता और मापदंड के साथ राज्य के संबंधित जिला कलेक्टोरेट में आवेदन दिया जा सकता है साथ ही इस बारे में पद्म पुरस्कारों की वेबसाइट से भी जानकारी ली जा सकती है

वहीं आने वाले दो दिनों के भीतर इन तीनों संभागों के कुछ स्थानों पर तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक गति से तेज हवाएं चल सकती हैं रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी पीएल देवांगन के बताया कि इन दो दिनों के दौरान राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है

उत्तराखंड में ब द्वीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद चार धाम यात्रा शुरू हो गई है

वहीं बलरामपुर जिले के टांगरमहरी गांव में आज एक मकान में लगी आग पर फायर बिग्रेड की मदद से काबू पाया जा सका